आज मुम्बई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि नकद आरक्षी अनुपात भी साढे तीन प्रतिशत पर बना रहेगा श्री दास ने उम्मीद जताई कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढती हुई मांग और वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हए चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की विकास दर साढे दस प्रतिशत रहेगी आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है

इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस उन सभी के लिए हमारी कृतज्ञता प्रकट करने और सराहना करने का दिन है जो हमे स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि यह दिन स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों और अग्रिम पक्ति के योद्वाओं को शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालना करने और कोविड टीकाकरण करवाने की अपील की है

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनावमुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्वाओं माता पिता और शिक्षकों के साथ नये फॉरमेट में यादगार परिचर्चा होने की संभावना है उन्होंने आशा प्रकट की कि इस दौरान कई दिलचस्प सवाल सामने आयेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफोर्म पर देखा जा सकता है

प्रदेश में बढ रहे कोरोना संकमण को लेकर करौली जिला प्रशासन ने कैला देवी मंदिर में लगने वाला चैत्र मेला रद्द कर दिया है जिला प्रशासन द्वारा करौली कैलादेवी मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन भी बंद कर दिया गया है